उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जहां प्र भी कोरोना वायरस के ाजिटिव मामले ाये गये हैं वहां की राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी ऐसे मामले देखे गए हैं वहां सघन जांच अभियान चलाकर संभावित मामलों की ट्रेसिंग की जाए और जरूरत हो तो संदिग्धों को क्वारंटीन किया जाए या अस्पताल में रखा जाए

जबलप्र में कोरोना मरीजों की संख्या आठ र ही स्थिर है जबकि राजधानी भो ाल में अब तक चार लोगों में कोरोना ॉजिटिव ाया गया है

ये दोनों ति त्नी हैं

इसके अलावा शिव री और ग्वालियर में अब तक दो दो कोरोना संक्रमित मरीजों का ाता चला है इंदौर में गंभीर खबरों के बीच राज्य के अन्य क्षेत्रों से अच्छी खबरें आई हैं

सभी आठ मरीजों की हालत स्थिर है

इस संबंध में प्रन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया है कि जिले में राज्य से बाहर एवं अन्य जिले से आए लोगों का शत प्रतिशत जीकरण करने के बाद उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है

सभी जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं हालांकि जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की आप्र्ति सुनिश्चित की जा रही है नागरिकों से अनावश्यक रू से घरों से बाहर न जाने का अन्रोध किया जा रहा है मंडला जिला कल प्री तरह लॉकडाउन रहेगा यहां कोई भी द्वकान नहीं खोली जाएगी रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने साँची बीएमओ निलंबित कर दिया है जिले में इस महामारी को लेकर ला रवाही बरतने र यह हली कार्यवाई की गई है

फिलहाल किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण नहीं ाया गया है प्रदेश के स्वास्थ्य आय्क्त ने आईसीएमआर को ात्र लिख कर शहडोल मेडिकल कॉलेज में जांच सुविधा दिये जाने की मांग की है अशोकनगर के निजी चिकित्सालयों में भी जल्द ही कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच स्क्रीनिंग टेस्ट निशुल्क की जायेंगी कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने इसके निर्देष दिए हैं उधर आगरमालवा जिले में लॉकडाउन के दौरान आधातकालीन इय्टी के लिए जारी किए गए शास का दुरु योग करते शाये जाने शर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं उमरिया में आज कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए युवा सिंध समाज दवारा शहर में गलियों व मोहल्लों को सेनेटाइज किया गया उधर शिवप्री जिले में महिला स्वसहायता समूह द्वारा मास्क और साब्न बांटे जा रहे हैं

उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की शाबंदियों का प्री तरह से शालन करने की भी अशील की उव्होंने मुस्लिम समुदाय से शबे बारात की इबादत भी घर प्र ही रहकर करने को कहा है

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों की जांच कराने उनका प्रता लगाने उन्हें विशेष निगरानी में रखने और क्वरैंटीन ार दिया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आप्र्ति और दवाएं तथा चिकित्सा उप्रकरण तैयार करने के लिये कच्चे माल की उ लब्धता बनाये रखना जरूरी है

श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे डॉक्टरों की उ लब्धता बढ़ाने के लिये आयुष चिकित्सकों के संसाधन पूल का उथयोग करें ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और पैरा मेडिकल स्टाफ एनसीसी तथा एनएसएस स्वयंसेवियों की सेवाएं लें प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण की अंतरराष्ट्रीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और क्छ देशों में यह संक्रमण दोबारा फैल सकता है

श्री मोदी ने कहा कि फसल कटाई के मौसम को देखते हए सरकार ने लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी है हालांकि रस् र यथासम्भव सुरक्षित दूरी बनाये रखना जरूरी है उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कृषि उत्पाद बाजार समिति के अलावा अन्यत्र से भी अनाज की खरीद करने और ग्रामीण इलाकों के लिये प्रलिंग प्लेटफार्म सुजित करने की सम्भावना शर विचार करें प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यह स्निश्चित करना आवश्यक है कि लोग छिट ट रू से ही इलाके से बाहर जायें श्री मोदी ने इसके लिये राज्यों से सुझाव भी आमंत्रित किये भो ाल से म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हए

त्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक नितिन वाकनकर इस इकाई के प्रम्ख हैं

रामनवमीं का श र्व देश के साथ साथ प्रदेश में भी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है आज चैत्र नवरात्र का समा न भी हो रहा है हिंदु धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हआ था इस बार लाक डाउन के कारण लोग घर में रहकर ही रामनवमीं मना रहे हैं राष्ट्र ति रामनाथ कोविंद उ राष्ट्र ति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी राज्य ाल लालजी टंडनम्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक नेताओं ने रामनवमी धर लोगों को बधाई दी है आज आगरमालवा जिले के मंदिरों में ताले खोलकर भगवान श्रीराम की प्रजा की गई वही कोरोना संक्रमण को देखते हए जिले में अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नही हए छतरपूर जिले में भी लोगों ने घरों में ्ज़ा और अन्ष्ठान कर रामनवनमी का श्वर्व मनाया सतना सागर शहडोल अशोकनगर उज्जैन नरसिंहपुर जबलपुर होशंगाबाद सिवनी सहित सभी जिलों में लॉकडाउन के बीच घरों में ही आरं रिक श्रदधाभाव के साथ रामनवमी का श्र्व मनाया गया

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह समय आ सी मतभेद भूलाकर कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने का है